गृह प्रवेशम् कार्यक्रम में हितग्राहियों से वर्च्अल संवाद भी होगा प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत इतनी बडी संख्या में गृह प्रवेश कराये जाने का यह द्रसरा बड़ा आयोजन है

एक ट्वीट मेंए श्री मोदी ने लोगों से इसके लिए प्रेरक घटनाक्रमों को साझा करने का आग्रह किया

इसके साथ ही ब्ज़र्ग अधिवक्ताओं और पक्षकारों की रिक्वेस्ट के आधार पर वर्च्अल हियरिंग भी हो रही है

हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल राजेंद्र क्मार वाणी द्वारा जारी सर्क्लर में कहा गया है कि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जबलप्रए इंदौर और ग्वालियर सहित राज्य के विभिन्न जिला अधिवक्ता संघों की माँग पर फिजिकल हियरिंग श्रू की जा रही है

सांस्कृतिक आयोजन की श्रुआत आदिवासी लोकगीत और नृत्य से हई उसके बाद म्क्त बैंड के कलाकारों ने अपने गीत व वाद्य यंत्रों की कला के रंग से सबको मोहित किया वहीं कवि सम्मेलनपैदल भ्रमण ट्रैकिंगए सायकलिंगए घ्ड़सवारीएफूड कोर्ट शिल्प कला सहित विभिन्न आयोजन भी आकर्षण का केन्द्र रहे श्फास्टैगश् अनिवार्य देश के राष्ट्रीय राजमार्गों पर कल मध्य रात्रि से सभी टोल प्लाजा पर श्फास्टैगश् अनिवार्य हो गया है और अब नकद भ्गतान स्वीकार नहीं किया जाएगा सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि यह व्यवस्था टोल प्लाजा पर श्ल्क भ्गतान की प्रक्रिया को डिजिटल बनानेए प्रतीक्षा समय को घटानेए ईंधन की बचत करने और यात्रियों को टोल प्लाजा से आसानी से निकलने की स्विधा के लिए की गई है

उन्होंने कृषि विश्वविद्यालय में कृषि अन्संधान इकाइयों और वेटरनरी विश्वविद्यालय का श्रमण किया शाम को वे मानस भवन में आयोजित व्याख्यानमाला में शामिल होंगे

विदयालयों में भी सरस्वती पूजा की तैयारियां की जा रही हैं

इसके लिए स्कूलों का चयन कर लिया गया है